मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी कन्या सुमंगला योजना का श्मारंभ करते हए इसकी घोषणा की उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था अगले सत्र से प्रदेश भर के बेसिक शिक्षा परिषद के सर्मी आंगनबाड़ी केंद्रों में लागू हो जाएगी इन प्री प्राइमरी स्कूलों में तीन साल के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की शुरूआत बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देने और उनके सशक्तिकरण के लिए की है श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से देश में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया अब प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना इस अभियान को और बल देगी कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार बालिका के जन्म से लेकर उसके इंटरमीडिएट कक्षा में पहुंचने तक छह श्रेणियों में पंद्रह हजार रूपये को आर्थिक सहायता देगी योजना के तहत बालिका के जन्म के समय दो हजार रूपये एक वर्ष के टीकाकरण पूर्ण करने पर एक हजार रूपये कक्षा एक में प्रवेश के समय दो हजार रूपये कक्षा छह में प्रवेश के समय दो हजार रूपये कक्षा नौ में प्रवेश के समय तीन हजार रूपये और दसवीं व बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण कर डिग्री या दो वर्षीय या अधिक के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर पांच हजार रूपये की एकमुस्त राशि दी जाएगी कार्यक्रम में राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना से जुड़े वेब पोर्टल का भी लोकार्पण किया इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा समेत प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी उपस्थित थे उच्चतम न्यायालय ने देश की सभी मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश के विषय में एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायाधीश एस ए बोबर्ड और न्यायाधीश एस ए नजीर की खंडपीठ ने इस याचिका के बारे में केंद्रीय कानून और न्याय तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया है यासमीन जुबैर अहमद पीरजादा की याचिका में महिलाओं को मस्जिदों में जाने की अनुमति देने के लिए सरकारी अधिकारियों और मुस्लिम संस्थाओं को निर्देश देने की अपील की गई है इसमें कहा गया है कि ऐसा ना किया जाना विभिन्न बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है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 यह महात्मा गांवी की एक सौ पचासवीं जयंती उनके सेवा समर्पण स्वदेशी स्वावलंबन सहयोग और स्वच्छता के विचारों को समर्पित है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 गांधीवादी और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ब्रिजेन्द्र रेही समारोह के मुख्य अतिथि थे इस अवसर पर गांधी क्विज का भी आयोजन किया गया जिसमें नई दिल्ली स्थित एनएसडी मुख्यालय के सदस्यों ने पूरे उल्लास से भाग लिया महात्मा गांधी पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया अयोध्या में कल आयोजित होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है दीपोत्सव में पांच लाख इक्यावन हजार दीप प्रज्वलित किये जायेंगे

इस अवसर पर मुख्यमंत्री अयोध्या में दो सौ छबीस करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे दीपोत्सव से पूर्व अयोध्या नगर में सुबह दस बजे से शोभायात्रा निकाली जायेगी यह शोभायात्रा नगर के साकेत महाविद्यालय से प्रारम्भ होगी और रामकथा पार्क में जाकर सम्पन्न होगी शोभायात्रा में विभिन्न देशों के कलाकार हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम चार बजे शोभायात्रा में शामिल होंगे दीप प्रज्ज्वलन का कार्यक्रम शाम सात बजे सरयू नदी के घाट पर सम्पन्न होगा दीपावली पंच महापर्वो की श्रृंखला का पहला पर्व धनतेरस आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के वातावरण में धूमधाम से मनाया जा रहा है बाजारो में चहल पहल है और लोग पर्व से जुड़ी वस्तुओं की खरीददारी कर रहे हैं आमृषणों बर्तनों तथा इलेक्ट्रानिक सामानों की दकानों पर लोगों की भीड भाड है धनतेरस के दिन आमूषण और दर्तन खरीदने की प्राचीन परम्परा है आज ही आयूर्वेद के प्रणेता भगवान धनवंतरि की जयंती भी मनाई जा रही है आयुर्वेद से जुड़े संस्थानों में लोगों ने आज सुबह भगवान श्री धनवंतरि की पूजा अर्चना की कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को धनतेरस की बघाई दी है श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि यह विशिष्ट दिन समाज में शांति और समृद्धि लाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को धनतेरस पर्व की हार्दिक बधाई दी है तथा उनके सुख और समृद्वि की कामना की है उन्होंने कहा है कि आज ही धनवंतरि जयंती भी है इस अवसर पर अर्थ के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने का भी संकल्प लिया जाना चाहिए ताकि एक स्वस्थ्य और समृद्ध समाज बन सके